उन्होंने कहा कि देश में क्शल नर्सों की बहत मांग है और इसके लिए प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों की भी जरूरत है राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दो हजार उन्नीस प्रदान करते हुए यह विचार व्यक्त किए राष्ट्रपति कोविंद ने देश में नर्सिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नर्सो की तीन विभिन्न श्रेणियों में छत्तीस पुरस्कार प्रदान किए उन्नीस सौ तिहत्तर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश के उल्लंघन का आरोप लगाया है उनका कहना है कि श्री चिदम्बरम ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले पर टिपणी की है जो उचित नहीं है संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने आर्थिक स्थिति पर कांग्रेस नेता चिदम्बरम की टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यूपीए शासन के दौरान मुद्रास्फीति चरम पर थी तथा विकास दर कम थी

श्री योगी ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के जल्द निपटारे के निर्देश दिये इसके बाद मुख्यमंत्री सुबह करीब दस बजे झारखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना हो गये एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में फिक्की और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के संयुक्त उद्यमी सम्मेलन को संबोधित किया अपने संबोधन में उन्होंने पूर्वांचल में विकास की अपार संभावनाएं बताते हुए उद्यमियों से क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न नीतियां बनाई हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे के लिंक वे पर औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है जिसमें रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे श्री योगी ने कहा कि प्रर्देश सरकार विकास की ओर निरन्तर अग्रसर है और बिना भेदभाव के कार्य कर रही है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार अपराधियों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई कर रही है उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा श्री मौर्य आज वृन्दावन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य तेज गति से हो रहे हैं विभिन्न सड़क परियोजनाओं को जल्दी पूरा कर लिया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही हैं श्री मौर्य ने कहा कि प्याज की बढ़ी कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं और जल्द ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा

रेपो दर पांच दश्मलव एक पांच प्रतिशत पर ही बनी रहेगी रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्विरोध समर्थन किया रिवर्स रेपो दर चार दशमलव नौ शून्य प्रतिशत और बैंक दर पांच दशमलव चार शून्य प्रतिशत बनी रहेगी समिति ने मुद्रास्फ्रीति को लक्ष्य के अन्दर बनाए रखने के साथ नीतिगत दरों में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करने का फैसला किया जब तक वृद्धि दर बढ़ार्न के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो यह फैसला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की चार प्रतिशत दर के मध्यम अवधि लक्ष्य के मद्देनजर किया गया है रिजर्व बैंक हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है यह इस वर्ष की पांचवी बैठक थी प्लिस ने उन्नाव जिले की दृष्कर्म पीड़िता को जलाकर मारने के प्रयास में शामिल सभी पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गंभीर संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक और आयुक्त को घटनास्थल पर जाने तथा शाम तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है

सरकार ने उसके इलाज का पूरा खर्च वहन करने की घोषणा की है यह घटना आज सुबह उन्नाव जिले के सिंदुपर गांव में हुई इसी महिला से दुष्कर्म के जुर्म में जमानत पर बाहर एक दोषी सहित इन लोगों ने गांव के बाहर खेतों में महिला पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास किया पूर्वांचल के जिलों में ठंड का असर बढ़ने लगा है हिमाचल प्रदेश सहित पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की वजह से पिछले दो दिनों से गोरखपुर बस्ती कुशीनगर प्रतापगढ़ आदि जिलों में गलन बढ़ गई है प्रतापगढ़ में कल रात का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान चौबीस दशमलव पांच सेल्सियस डिग्री रहा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पछुआ हवाओं के चलने से कोहरा कम पड़ रहा है आने वाले दिनों में गलन के और बढ़ने की संभावना है